चुनाव प्रचार चरम पर पहंच गया है

विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज गुजरात में गिर सोमनाथ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे वे बनासकांठा में रोड शो भी करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित विभिन्न पार्टियों के नेता भी आज कई स्थानो पर जनसभाएं कर रहे है

नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरी गति पकड चुका है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र की मोदी सरकार पर अपने वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है आज भीलवाडा में पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा पर सेना के शौर्य का श्रेय लेने का भी इल्जाम लगाया

भाजपा मुख्यालय के सामने हुई इस रैली को संबोधित करते हुए कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड ने मोदी सरकार को फिर से जिताने की अपील की

इनमें करौली धौलपुर सीट के लिये कांग्रेस के प्रत्याशी संजय जाटव ने अपना पर्चा दाखिल किया वहीं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार रंजीता कोली ने अपना नामांकन पत्र भरा जयपुर ग्रामीण लोकसभ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा पूनिया भी आज नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें बडी संख्या में महिलाओं और पुरूषों ने भाग लिया

स्वीप गतिविधियों के तहत आज नरेगा कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिये मतदाता जागरूकता कार्यकम आयोजित किये जा रहे है

पुलिस मामले की जांच कर रही है इधर जैसलमेर के नाचना से पुलिस ने एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है इस पर ईनाम भी घोषित था

ये हादसा पाईप लाईन की वेल्डिंग के दौरान हुआ उधर पाली जिले के सोजत क्षेत्र में एक जीप के पलट जाने से एक बच्ची की मौत हो गई और एक ही परिवार के सात लोग घायल हो गये हनुमानगढ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र में एक गुरुद्वारे में श्री निशान साहिब का चोला बदलने के दौरान गिरने से एक सेवादार की मौत हो गई

हालांकि तेज धप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर में सडकें और बाजार सुने नजर आने लगे हैं